प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज जोर देकर कहा कि कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को धीमा भले ही किया हो लेकिन भारत विकास की राह पर फिर से वापस लौट आयेगा श्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत प्रयोजन समायोजन अवसंरचना निवेश और नवप्रवर्तन के जरिये विकास की राह पर आगे बढ़ेगा और आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करेगा

बाइट आज भी हमें जहां एक तरफ इस वायरस से लड़ने के लिए सख्त कदम उठाने हैं वहीं दूसरी तरफ इकॉनोमी का भी ध्यान रखना है हमें एक तरफ देशवासियों का जीवन भी बचाना है तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को भी स्टेबुलाइज करना है स्पीडअप करना है इस सिचुएशेन में आप ने गेंटिंग ग्रोथ बैक इस बात को प्राथमिकता दी है और निश्चित तौर पर इसके लिए आप सभी भारतीय उद्योग जगत के लोग बधाई के पात्र हैं बल्कि मैं तो गेंटिंग ग्रोथ बेक से आगे बढ़कर ये भी कहूंगा यस यस वी विल डेफिनेटली गेटिंग अवर ग्रोथ बेक श्री मोदी ने कहा कि भारत अनलॉक होने के पहले चरण में प्रवेश कर गया है और आर्थिक गतिविधियों के काफी बड़े हिस्से को खोल दिया गया है

काफी हिस्सा अभी आठ जून के बाद और खुलने जा रहा है यानि गेंटिंग ग्रोथ बेक की शुरूआत तो एक प्रकार से हो चुकी है आज ये सब हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जब दुनिया में कोरोना वायरस पैर फैला रहा था तो भारत ने सही समय पर सही तरीके से सही कदम उठाए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने गरीबों को तुरंत लाभ देने में बहुत मदद की है

प्रवासी श्रमिकों के लिए भी फ्री राशन पहुंचाया जा रहा है

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए जो उपाय किये हैं उनकी कई दशक से प्रतीक्षा थी

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के आज के दौर में भारत से दुनिया की अपेक्षाएं काफी बढ़ गई हैं उन्होंने कहा कि विश्व के देश भरोसेमंद और विश्वस्त साझेदारों की तलाश कर रहे हैं और भारत में इसकी क्षमता शक्ति आर योग्यता है

प्रधानमंत्री ने ऐसी वस्तुओं के आयात में कटौती का आग्रह किया जिनका देश में आसानी से उत्पादन किया जा सकता है श्री मोदी ने उद्योगों को भरोसा दिलाया कि आत्मनिर्भर भारत की साझा परिकल्पना को पूरा करने के लिए सरकार उन्हें पूरी मदद देगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अनलॉक व्यवस्था को समीक्षा बैठक में कहा कि सरकार जरूरतमंदों को खाद्यान उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि निराश्रितों को खाद्यान के लिये एक हजार रूपये बीमार होने की दशा में उपचार के लिये दो हजार रूपये और निराश्रित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिवार को अंतिम संस्कार के लिये पांच हजार रूपये देने की व्यवस्था की गई है मुख्यमंत्री ने कंटेन्मेंट क्षेत्र में डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था को सक्रिय रखने पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन कराने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि प्रदेश वापस आने वाले कामगारों को क्वारेंटीन सेंटर में ले जाते समय उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग की जाये मुख्यमंत्री ने सभी रेलवे स्टेशनों पर जरूरत व्यवस्था सुनिश्चित करने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिये तथा वहां इन्फ्रारेड थर्मामीटर द्वारा जांच के लिये कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने को कहा उन्होंने प्लस आक्सीमीटर को संचालित करने वाले कार्मिकों को भी प्रशिक्षित करने के निर्देश दिये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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने प्रदेश में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने तथा रोजगार के नए अवसर सूजित करने के लिए निवेशकों की जरूरतों के द्रष्टिगत नीतियों में आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि वर्तमान समय की आवश्यकता को देखते हुए पूर्व में स्थापित नीतियों म जरूरी संशोधन किए जाएं

आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एक दिन में ही तीन हजार दो सौ करोड रुपये के ऋण बिना किसी जमानत के दिये हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया है कि बिना जमानत के ऋण मंजूर करने के पहले दिन दूसरी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले तीन हजार से अधिक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों एम एसएमई को ये ऋण मंजूर किये गये एमएसएमई को अपने कर्मचारियों को वेतन देने किराए का भुगतान करने और कच्चे माल का भंडार बनाने में मदद मिलेगी अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में रेल यात्रियों को कोरोना से बचाव के संबंध में हैंड बिल उपलब्ध कराये जा रहे हैं मुख्यमंत्री ने एक जून से शुरू हुए खाद्यान वितरण अभियान में गोदाम से लेकर राशन की दुकान तक सभी व्यवस्था सुचारू बनाने को कहा उन्होंने राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में भी संक्रमण से सुरक्षा के प्रोटोकाल का पूरी तरह पालन कराने को कहा

अब तक इस संक्रमण से प्रदेश में दो सौ तेईस लोगों की मौत हुई है उन्होंने बताया कि अनलॉक व्यवस्था में संक्रमण से और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि प्रदेश में प्रवासी लोगों का आना जारी है इसलिये पूरे जून माह में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करना होगा